और राज्य सरकार ने लगभग सात लाख फर्जी राशन कार्ड को किया रद्द

राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है पीएमसीएच एनएमसीएच और पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में भी कोरोना से निपटने की योजना बनायी गयी है पीएमसीएच और एनएमसीएच में आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में इससे निपटने के लिए ग्यारह डॉक्टरों की टीम बनायी गयी है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि पटना के आरएमआरआई में भी कोरोना वायरस की जांच की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी पटना एयरपोर्ट पर चौकसी बढ़ाई गई है राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने कहा कि पटना हवाई अड्डे पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जायेगी इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव के साथ कोरोना को लेकर उच्चस्तरीय बैठक की जिसमें उन्होंने सभी ग्राम सभाओं में कोरोना पर बैठक बुलाने और जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि इस खतरनाक वायरस को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह चौकस है कोरोना वायरस के बारे में आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयूर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गूलेरिया ने बताया कि कुछ गंभीर मामलों को छोड़कर संतानवे प्रतिशत से ज्यादा मरीज ठीक हो जाते हैं इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है

अगर हम प्ररा ग्लोबल डेटा देखे तो इसकी मोर्टेलिटी सिर्फ दो या तीन परसेन्ट है

यदि किसी को कोरोना वायरस डायग्नोस होता है तो उनको कोरनटाइन की जरूरत है अगर वो पॉजिटिव होते है

अगर किसी को ज्यादा सिम्टम होते है जैसे निमोनिया के लक्षण हो सांस खुलकर नहीं आ रहा है खांसी में बलगम आ रहा है या छोटे बच्चे है जिनकी पसलियां चल रही है तो उनको दाखिल करने की जरूरत पड़ती है अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है या सेप्टिक शोक हो रहा है तो आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़ती है विशेषज्ञों का कहना है कि लोग ब्रुनियादी सुरक्षा उपायों का पालन करके खुद को नोवल कोरोना वायरस से दूर रख सकते हैं

एक दूसरे से दूरी बनाए रखें अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचे श्वास संबंधी रवच्छता का ध्यान रखें जब आप खांसते या छींकते है तो अपने मुंह और नाक को अपने हाथों से या टिश्यू से ढके यदि आपको बुखार खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सम्पर्क करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत रहें और अपने डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह का पालन करें प्रमास्क का इस्तेमाल किये जाने के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उ मास्क लगाने से पहले अपने हाथों को एल्कोहल मुक्त हैंडरब साबून या पानी से धोएं अपने मुंह और नाक को मास्क से ढके और सुनिश्चित करें कि कोई जगह खाली न हो और मास्क के खराब होने पर नये मास्क का उपयोग करें एक बार उपयोग में लाये गये मास्क का दोबारा उपयोग न करें मास्क को पीछे से पकड़कर हटाएं और सामने वाले हिस्से को न छएं एक बार मास्क का उपयोग करने के बाद मास्क को बंद कुडेदान में डाले

यह चौबीस घंटे उपलब्ध है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोवेल कोरोना वायरस के मद्देनजर स्कूलों के लिए परामर्श जारी किया है स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे स्कूल अवधि के दौरान छात्रों को बड़ी संख्या में जमा ना होने दें स्वास्थ्य मंत्रालय ने परामर्श में यह भी कहा है कि शिक्षकों कर्मचारियों और विद्यार्थियों को हाथ और श्वसन संबंधी स्वच्छता के सामान्य सार्वजनिक उपायों के बारे में बताया जाना चाहिए छात्रावासों में विद्यार्थियों और सहायक कर्मचारियों की भी नियमित रूप से स्वास्थ्य निगरानी होनी चाहिए उधर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र परीक्षा भवन में फेस मास्क और हैंड सेनेटाइजर्स ले जा सकते हैं बोर्ड ने एक बयान में कहा कि नोवेल कोरोना वायरस के चलते विद्यार्थियों और अभिभावकों ने बोर्ड से इस बारे में कई बार पूछताछ की है राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अगले तीन दिनों तक बारिश के साथ ओलावृष्टि और वज्रपात की आशंका है मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में ज्यादा बारिश के आसार हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि पछुआ और पूरवइया हवा के टकराव और पश्चिमी विक्षोप के असर से प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश ठनका और विशेष कर ओलावृष्टि की आशंका है राज्य सरकार ने लगभग सात लाख फर्जी राशन कार्ड को रद्द कर दिया है खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने विधान परिषद में कहा कि जांच के दौरान फर्जी पाये गये राशन कार्ड को रद्द कर दिया है और दोषी अधिकारियों की पहचान की जा रही है उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि इस वर्ष फरवरी तक तीन करोड़ चौसठ लाख दो हजार तीन सौ अड़सठ सृजित जमाबंदियों का ऑनलाइन प्रकाशन किया गया है उन्होंने विधान परिषद में कहा कि खाता रहित जमाबंदी की संख्या इक्यासी लाख सात हजार एक सौ सतहत्तर है वैसी जमाबंदी जिसमें जमीन के रकबे का ब्योरा नहीं है उसकी संख्या तेरासी लाख नवासी हजार आठ सौ बानवे है सरकारी कार्यालयों में संविदा पर काम कर रहे डाटा इंट्री ऑपरेटर और प्राधिकारों में तैनात नियोजित कर्मी अब साठ वर्ष में सेवानिवृत्त होंगे नियोजित कर्मियों की सेवा शर्तों के लिए गठित अशोक कुमार चौधरी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है रिपोर्ट में कहा गया है कि संविदा पर नियुक्त कर्मियों को नियमित बहाली में उम्र सीमा में छूट दी जायेगी इसके साथ ही नियोजित कर्मियों को सरकारी कर्मचारी वाली सुविधाएं मिलेगी नेपाल के सुनसरी में आज से खेले जा रहे अंतर्राष्ट्रीय टग ऑफ वार रस्साकशी चैम्पियनशिप में भाग ले रही भारतीय टीम में बिहार के चार खिलाड़ी शामिल हैं ये खिलाड़ी पटना वैशाली और दरभंगा के हैं राज्य रणजी टीम के तेज गेंदबाज अभिजीत साकेत को एमआरएफ पेस फाउंडेशन के राष्ट्रीय स्तर के चयन शिविर में शामिल किया गया है अभिजीत उन्नीस और बीस मार्च को चेन्नई में आयोजित ट्रायल में भाग लेंगे अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोरोना वायरस से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश को सुर्खी बनाते हुए लिखा है कोरोना पर ग्राम सभा की बैठकें करायें अन्य अखबारों ने भी ग्राफिक्स तस्वीर और परामर्श से संबंधित खबरों को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण की सुर्खी है केन्द्रीय कैबिनेट की दस बैंकों के विलय पर मुहर दैनिक भास्कर ने संविदा पर नियुक्त कर्मियों से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है साठ साल में रिटायर होंगे कांट्रेक्ट पर काम करने वाले डाटा इंट्री कर्मी प्रभात खबर की सुर्खी है इपीएफओ ऑफिस से अहम दस्तावेज ले गयी सीबीआई और अब अंत में मुख्य समाचार कोरोना वायरस को लेकर बिहार अलर्ट पर

और राज्य सरकार ने लगभग सात लाख फर्जी राशन कार्ड को किया रद्द